प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने का विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम फैला रहे हैं

दिल्ली ने बहत समय के बाद देखा है लोग सड़कों पर आए दिल्ली की शांति को भंग किया गया मैं आज बहत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं विपक्ष ने दिल्ली को जनता को गुमराह कर कर दिल्ली की शांति को भंग किया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन और यह प्रा आंदोलन कुछ असामाजिक तत्वों और राजनीतिक दलों द्वारा उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है सरकार ने समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के इन प्रयासों को सफल न होने दें एक रिपोर्ट साउंड बाईट नागरिकता संशोधन अधिनियम का भारत के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं है चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों ये अधिनियम भारत के तीन पडोसी देशों से धार्मिक प्रताडना के कारण विस्थापित लोगों से ही संबंधित है

सरकार का कहना है कि ये बिलक्ल झूठ और दुष्प्रचार है कि इन तीनों देशों से बड़ी संख्या में लोग आकर भारत के संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे हालांकि अन्य सभी देशों के किसी भी पंथ को मानने वाले या अन्य आधारों पर प्रताड़ित कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय नागरिकता चाहे तो वह पूर्ववर्ती कानूनों के अंतर्गत आवेदन कर सकता है सरकार ऐसे आवेदनों पर विचार कर नागरिकता प्रदान करती है जैसा कि पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सीएए से वर्षों से प्रताड़ित और अपमान झेल रहे अल्पसंख्यक शरणार्थियों के साथ न्याय हुआ है श्री राय ने मुजफ्फरपुर में समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे भ्रामक प्रचारों को सफल नहीं होने दे वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि राजनीति के लिये विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहा है श्री जायसवाल आज पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की आलोचना की है आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेताओं को जनता को सही रास्ता दिखाना चाहिए उन्होंने सियाचिन में सालतोरो और अन्य पहाड़ियों में शून्य से दस से पैंतालीस डिग्री कम तापमान में सीमाओं की रक्षा में मुस्तैद रहने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीमा कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री स्रक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दावों का जल्द निष्पादन करें श्री मोदी आज पटना में विभिन्न बीमा कंपनियों और बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ इन योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि बिहार में मार्च दो हजार उन्नीस तक विभिन्न बीमा योजना के तहत पांच हजार दो सौ अठहत्तर दावों के विरूद्ध मात्र छियासठ करोड़ रूपये का ही भुगतान किया गया है उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी और तेज पछ्आ हवा के कारण पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में शीतलहर चल रही है ठिठुरन और कनकनी बढ़ गयी है भागलपुर का सबौर आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया फारबिसगंज का नौ डिग्री सेल्सियस छपरा का नौ दशमलव दो पूर्णिया का नौ दशमलव चार गया का दस डिग्री और पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले दो से तीन दिनों तक ठंड से राहत की संभावना नहीं है पटना समेत अधिकतर स्थानों पर सुबह और शाम कोहरा रहेगा और दिन निकलने के बाद बादल छाये रहेंगे ठंड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विभिन्न जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये हैं दरभंगा जिला प्रशासन ने इकतीस दिसम्बर तक सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा आठ तक शिक्षण कार्य स्थगित रखने के निर्देश दिये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में उनतीस दिसम्बर तक सभी स्कूलों में पठन पाठन स्थगित रहेगा नालंदा जिले के राजगीर में कल से गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व शुरू होगा प्रकाश पर्व समारोह उनतीस दिसम्बर तक चलेगा इसी कड़ी में आज राजगीर के हॉकी मैदान में सर्वधर्म लंगर की शुरूआत की गयी यह आयोजन बिहार सरकार के सहयोग से तख्त श्रीहरि मंदिर पटना साहिब के तत्वावधान में किया जा रहा है पटना सहित राज्य भर में आज वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण देखा गया विभिन्न क्षेत्रों में लगभग दो घंटे चालीस मिनट तक ग्रहण रहा पटना में सूर्य ग्रहण सुबह आठ बजकर सत्रह मिनट पर शुरू हुआ और दस बजकर सत्तावन मिनट पर समाप्त हुआ इस दौरान अधिकतर स्थानों पर आसमान में बादल छाये रहने के कारण लोग सूर्य ग्रहण नहीं देख पाये राजधानी पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र में ग्रहण को देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी थी जहां छात्र छात्राओं और खगोल शास्त्रियों ने विभिन्न उपकरणों के माध्यम से यह वलयाकार ग्रहण देखा कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में पूलिस ने एक टेम्पो से पचास लीटर देशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के सहायक थाना क्षेत्र में लगभग छियासठ लीटर विदेशी शराब जब्त की गयी है इधर गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कठोकर तालाब मुहल्ले से पुलिस ने एक शराब माफिया को सात लाख नब्बे हजार रूपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि पकड़े गये तस्कर के ठिकाने से एक ट्रक पिकअप वैन और तीन चारपहिया गाड़ियों समेत कुल पांच वाहन भी जब्त किये गये हैं जमुई जिले के सिकंदरा थाना इलाके में पुलिस ने एक मिनी ट्रक से एक सौ तिरपन कार्टन विदेशी शराब बरामद की इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया अररिया जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में खेली जा रही भागीरथी गंगा ट्रॉफी प्रतियोगिता में आज खेले गये मुकाबले में पैंथर्स क्रिकेट क्लब अररिया ने अपना मैच जीत लिया टीम ने फारबिसगंज क्रिकेट एकेडमी को तीन विकेट से पराजित किया जमुई जिले में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक नंदकिशोर सिंह की किऊल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई

प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप